इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी

श्री मोदी ने कहा कि पहले किसानों के म्नाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाये गये हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को फायदे दिये जा रहे हैं नीम लेपित यूरिया के जरिये उवर्रकों की आवश्यकता पूरी की जा रही है

कल राज्य सचिवालय ईटानगर में सीमा विवाद के मुद्दे पर दोनों राज्यों की उच्चस्तरीय दल की बैठक में इस ज्वलंत म्द्दे पर चर्चा की गई बैठक में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव नरेश क्मार गृहसचिव कालिंग तायेंग पुलिस महानिदेशक आर पी उपाध्याय आई जी पी लॉ एण्ड ऑर्डर च्ख् अपा लोअर सियांग जिला उपाय्क्त ए के सिंह लोअर दिबांग वैली जिला उपाय्क्त मिताली नामच्म पाप्मपारे जिला उपाय्क्त पिगे लिग् और प्लिस अधीक्ष्क जिम्मि चिराम सिक्योरिटी ब्रांच के प्लिस अधीक्षक जॉन पादा सीमा मामलों के निदेशक हागे लाइलांग और संय्क्त निदेशक निधे बेंगिया ने हिस्सा लिया जबकि असम की तरफ से म्ख्य सचिव क्मार संजय कृष्णा अतिरिक्त म्ख्य सचिव जिश्नू बरुवा और प्लिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंता मौजूद थे इस अवसर पर दोनों राज्यों की सीमा पर अतिक्रमण फायरव्ड और पत्थर इकट्टा करने को लेकर विवाद पी एम जी एस वाई रोड मादक पदार्थों की तस्करी उग्रवादी गतिविधियों सहित कई महत्वपूर्ण म्द्दों पर चर्चा की गई बैठक में इसके लिए सीमावर्ती जिलों के स्तर पर जिला उपाय्क्तों प्लिस अधीक्षकों और जिला वन अधिकारियों की एक समिति द्वारा आपसी मुद्दों को सुलझाने का निर्णय लिया गया बैठक के दौरान सीमावर्ती इलाकें में विवाद को हल करने के लिए सामुदायिक संगठनों की सहायता लेने और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए दोनों राज्यों के बीच संस्कृतिक और खेल कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया

जिसमें से नौ हजार चार सौ तीन व्यक्ति स्वस्थ हो च्के है और दो हजार नौ सौ चालीस रोगियों का इलाज चल रहा है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में कोविड बीमारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छिहत्तर दशमलव शून्य तीन प्रतिशत हो गई है और कल एक सौ इकहत्तर रोगी स्वस्थ हए कल आए नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से अड्डासी वेस्ट सियांग से तेइस ईस्ट सियांग से सोलह अपर स्बनसिरी से तेरह तिरप और चांगलांग से ग्यार ग्यारह लोअर दिबांग वैली से द्स लोहित से आठ वेस्ट कमेंग और अपर सियांग जिले से छह छह मामले शामिल है इसके अलावा लोअर स्बनसिरी से पांच लोंगडिंग और ईस्ट कामेंग जिले से चार चार कामले जिले से तीन लोअर सियांग नामसाई और पाप्मपारे जिले से दो दो पाक्के केसांग तवांग अंजाव और क्रुंग क्मे जिले से एक एक नए मामले सामने आए है राज्य में कल कोविड जांच के लिए दो हजार पांच सौ अद्वानबे सैंपल एकत्र किए गए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनदीप परमे ने लोगों से भीड़ भाड़ में जाने से बचने और अनिवार्य रुप से मास्क लगाने की अपील की है

विशेष रुप से पाप्म पोमा नदी को जलवाय् परिवर्तन से हो रही बदलाव और इसके संरक्षण हेत् स्थानीय सम्दायों की भूमिका पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य सभा सदस्य नाबम रिबिया ने कहा कि आजीविका के लिए भी वन और नदी का संरक्षण जरुरी है उन्होंने कहा कि नदी के जल से कृषि पश्पालन के अलावा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विकास में सहयोग मिलता है इस अवसर पर जिला उपायुक्त पिगे लिगु ने कहा कि जिला प्रशासन भी लोगों को वन वन्य जीवों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जागरुक किया जा रहा है